केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप से सवाल के जबाव में ये जानकारी दी

राठौर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने युवाओं से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खतरे से निपटने का आग्रह किया और इसके लिए अपना नियमन खूद करने को कहा नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने युवाओं से रोजमर्रा की जिंदगी की मुसीबतों से निपटने के लिए सोशल मीडिया मंच से अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि टिवटर और फेसबुक पर फर्जी खबरें फैलाने वाले अपने से भिन्न राजनीतिक विचारधारा वालों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते है इस पर रोक लगानी चाहिए मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है इससे जनजातीय क्षेत्रों सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कल हुए हिमपात के बाद अस्त व्यस्त जनजीवन को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी राज्य के उपरी इलाकों में भारी हिमपात से बंद हुए सड़क मार्गों को खोलने के कार्य में भी तेजी आएगी हालांकि तापमान में गिरावट के चलते जबरदस्त ठंड का प्रकोप बना हुआ है मौसम विभाग ने आज अधिक उंचाई व मध्यवर्ती इलाकों में एक दो स्थानों पर हिमपात व वर्षा जबकि निचले मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है विंटर कार्निवाल पांच दिवसीय विंटर कार्निवाल कल देर रात मनाली में सम्पन्न हुआ

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने बर्फबारी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में भारी हिमपात शिमला ने ओढ़ी सफेद चादर पंजाब केसरी का शीर्षक है बर्फ के आगोश में हिमाचल

दैनिक जागरण के मुताबिक राहत अपार आफत भी कम नहीं बारिश बर्फबारी से किसानों बागवानों के चेहरे खिले कई क्षेत्रों का संपर्क कटा दिव्य हिमाचल लिखता है बारिशबर्फ और हिमाचल सुन्न समूचा प्रदेश प्रचंड शीतलहर की चपेट में आपका फैसला के मुताबिक पहाड़ों की रानी ने ओढ़ी सफेद चादर फाहों से भीगे सैलानी जबकि अजीत समाचार की सुर्खी है प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर भारी हिमपात पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है जनमंच प्रदेश के लोगों के लिये साबित हुआ वरदान दिव्य हिमाचल लिखता है बर्फ बारिश में भी नहीं रुका जयराम का जनमंच हिमाचल दस्तक का शीर्षक है सरकारी स्कीमों में अब बनेंगे टिवन पिट टॉयलेट चार योजनाओं के लिये मुख्यमंत्री का ऐलान जबकि पंजाब केसरी के शब्द हैं मुख्यमंत्री ने बर्फबारी से निपटने के लिये अधिकारियों को दिये निर्देश जनमंच में गए मंत्रियों व लोगों से किया सीधा संवाद मिड डे मिल के लिये सरकारी स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन बच्चों को भोजन में हरी सब्जियां ज्यादा खिलाई जाएंगी दैनिक भास्कर की एक खबर है

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर हिमाचल दस्तक अपने सम्पादकीय में लिखता है कि श्रीरेणुकाजी बस हादसे ने एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है मासूस जिंदगियों से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा नियम कायदे कब लागू होंगे शीर्षक है व्यवस्था पर सवाल दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय दूसरी राजधानी को हां या न में लिखा है कि अदालत ने सरकार के पाले में पूरा विषय डालते हुए यह कहा है कि जनहित में पुनर्विचार करते हुए अपने विवेक से निर्णय अमल में लाएं दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय बारिश का पानी में लिखता है कि जल संकट से निपटने के लिये जरूरी है कि बारिश के पानी को सहेजकर रोजाना उपयोग के कार्यों में इस्तेमाल किया जाए